राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान के दिन मतदान केन्द्रों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा प्रदेश के सभी जिलो में मतदाता जागरूकता अभियान पूरे जोर शोर से जारी सवाईमाघोप्र में शुभंकर शेरू के संदेश लोकप्रिय

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए देशभर में जोर शोर से प्रचार कर रहे है

प्रदेश में दो चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है सभी राजनैतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा रहे है इस बीच कल भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने कहा है कि वसुंधरा सरकार ने मूलभूत आवश्यकताओं बिजली पानी की समस्या को प्राथमिकता से लेते हुए इस पर काम किया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मोदी सरकार में कोई भी कालेधन और रोजगार पर बात नहीं कर रहा है और वो केवल राष्ट्रवाद और हिन्दुत्व ध्रवीकरण कर दूसरी बार चुनाव जीतना चाहते हैं

कांग्रेस नेता घनश्याम तिवाड़ी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर पार्टी के घोषणा पत्र की सोशियल ऑडिट करवाएगी

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि मतदान के दिन सभी मतदान केन्द्रों पर छाया पानी सहित सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं

इसके मददेनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है उन्होंने मतदान केन्द्रों पर लम्बी कतारों की स्थिति में कतार के रास्ते तथा मतदाताओं के लिए बैठने के स्थान पर छाया की व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए हैं गंभीर अपराध जांच कार्यालय एस एफ आई ओ ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश सी बावा को कल गिरफ्तार कर लिया बावा को आई एल एंड एफ एस और इसकी सहयोगी कंपनियों से जुड़ी एक जांच के संबंध में गिरफ्तार किया गया राज्य के सभी जिलों में मतदाता जागरूकता अभियान जोर शोर से जारी है टोंक जिले के टोडारायसिंह उपखंड में छात्र छात्राओं ने रंगोली सजाकर मतदान करने का संदेश दिया गया झंझन् में स्वीप अभियान के तहत उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर से मतदाता जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया नागौर जिले के कुचेरा में मतदान जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया

खींवसर के लूणावास गांव के एक कुंभकार मटकों पर मतदान अवश्य करने का संदेश लिखकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं सवाईमाधोपुर जिले में मतदाता जागरूकता के लिए शुभंकर शेरू और इसके संदेश काफी लोकप्रिय हो गए है हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालयों पर कई जगह सेल्फी विद शेरू पॉइन्ट्स शुरू किए गए है

कोटा में कल स्टेशन से स्वीप ट्रेन को रवाना किया ट्रेन के हर कोच में लोकसभा च्नाव में मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने वाले पोस्टर बैनर लगाए गए हैं झुन्झुन्ं जिले के सिंघाना के रवि सिंह को पीसीपीएण्डडीटी अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं की अवैध रूप से भ्रण लिंग जांच करने और गर्भपात के मामलों में पकडे जाने के बाद पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर घोषित कर दिया है

इन मामलों में उसे चार बार गिरफ्तार भी किया गया चूरू जिले के राजगढ़ में कल एक ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए हरियाणा निवासी ये लोग सालासर बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे घटना के बाद ट्रक का चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए नागौर जिले के डेह गांव के पास जीप और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मृत्यु हो गई

इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब को याद किया जा रहा है इस मौके पर सीकर में आज शोभा यात्रा निकाली गई करौली जिले के हिण्डौसिटी में भी शोभायात्रा निकाली गई और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है केंद्र सरकार ने अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आज अपने सभी कार्यालयों में छट्टी घोषित की है राम नवमी आज प्रदेश के कई भागों में आस्था और श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है यह दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के जन्म दिवस का प्रतीक है इस अवसर पर मन्दिरो में विशेष आरती के आयोजन किए जा रहे है और झाांकियां भी सजाई गई है प्रदेश के कई भागों में यह त्योहार कल मनाया गया महावीर जयन्ती कल मनाई जाएगी करौली जिले के श्रीमहावीरजी में आज से भगवान महावीर का सालाना मेला शुरू हुआ

विभाग की ओर से चारा परिवहन की अनुदान की दरों का भी अनुमोदन कर दिया गया है